राज्य सरकार भी भेजेगी दस करोड़ की मदद

राज्य के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश की चेतावनी

श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को दो लाख रूपये और गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है उधर एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि केन्द्र सरकार केरल में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है प्रधानमंत्री खुद केरल के मुख्यमंत्री से बराबर सम्पर्क बनाये हुए हैं

आज भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सहायता राशि जुटाने के लिये प्रदेश के लोगों से भी मदद करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री सहायता कोष केरल के नाम पर राज्य सरकार ने खाता भी खोला है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में यह घोषणा की पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश का सौभाग्य है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां पैदा हुए ग्राम गोरखी में अटलजी के नाम पर जो विद्यालय है उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा यहां अटलजी की प्रतिमा लगाई जायेगी और म्यूजियम बनेगा भोपाल और ग्वालियर में अटल स्मृति वन बनाये जायेंगे उन्होंने कहा कि भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नाम अटल जी के नाम पर रखेंगे और प्रदेश की सातों स्मार्ट सिटी में उनके नाम पर विश्व स्तरीय लायब्रेरी की स्थापना की जायेगी यहां शोध और सामाजिक चिन्तन केन्द्र भी विकसित किये जायेंगे श्री चौहान ने बताया कि अटल जी के नाम पर इंक्यूबेशन सेंटर बनाये जायेंगे अटल जी के नाम पर तीन पुरस्कार भी दिये जायेंगे राष्ट्रीय स्तर पर पांच लाख रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में बन रहे चार श्रमोदय विद्यालयों का नामकरण अटल जी के नाम पर होगा विदिशा मेडिकल कालेज भी श्री वाजपेयी के नाम पर होगा

सम्मेलन के प्रारम्म में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये दो मीनट का मौन रखा गया सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मॉरिसस के प्रधानमंत्री प्रवीण कमार जगन्नाथ ने कहा कि श्री वाजपेयी के निधन से भारत ने एक महान सपूत और मॉरिसस ने सच्चा मित्र खो दिया है अपने भाषण में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से दूनिया भर से आये हिन्दी के प्रतिनिधि श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं शव बरामद शिवपुरी जिले के सुल्तानगढ जलप्रपात में हाल ही में हुए भीषण हादसे के तीन दिन बाद आज सुबह नवें पर्यटक का भी शव बरामद कर लिया गया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लक्ष्मीकांत पाण्डे ने बताया है कि आखरी शव मिलने के बाद तलाशी अभियान बन्द किया गया है जिन व्यक्तियों की मोहना थाने में गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी उन सभी के शव बरामद हो गये हैं बैंक आग विदिशा जिले की भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में भीषण आग लगने से बैंक के कम्प्यूटर जलकर खाक हो गये हैं हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है बैंक मैनेजर ने बताया है कि शॉट सर्किट से आग लग गई थी जांच के बाद ही नुकसान का आंकलन हो पायेगा छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अब छह योजनाओं को एक कर समेकित छात्रवृत्ति योजना दिव्यांग जनों के लिये छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई है दिव्यांग विद्यार्थी पात्रता के अनुसार इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं

स्कीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने पार्टी पदाधिकारियों और टिकट के दावेदारों से अलग अलग चर्चा की इस दौरान मिस्त्री से मिलने को लेकर हंगामाई स्थिति भी बनी बैठक के दौरान श्री मिस्त्री ने टिकट के दावेदारों से एक शपथपत्र भी लिया जिसमें लिखा गया है कि जिसे भी पार्टी का प्रत्याशी बनाया जायेगा उसके पक्ष में पूर्ण निष्ठा और इमानदारी से काम करेंगे समाधान मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना में किसानों को लाभांवित करने के लिये आवेदन की अंतिम तिथि इकत्तीस अगस्त तक बढ़ा दी गई है योजना की अवधि बढ़ाने का आदेश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किया गया है प्रमुख सचिव सहकारिता केसी गुप्ता ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सभितियों के डिफाल्टर कृषक सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिये मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना प्रभावी की गई है एशियाई खेल अट्ठारवें एशियाई खेल आज से इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में शुरू हुए उद्घाटन समारोह जकार्ता के गैलोरा बंग कार्नो स्टेडियम में शुरू हुआ एशिया के सबसे बड़े खेल महाक्र्भ में पैंतालिस देशों के लगभग ग्यारह हजार खिलाड़ी पदक जितने के लिये अपनी चुनोती पेश करेंगे भारत के पांच सौ सत्तर से ज्यादा एथलीट्स इन खेलों में भाग ले रहे हैं उधर भारत और इंग्लेंड के बीच तीसरा किकेट टेस्ट मैच नाटिंघम में खेला जा रहा है मौसम मध्यप्रदेश में एकबार फिर बारिश की संभावनाएं बढ़ गई हैं मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश की चेतावनी दी है विभाग के मुताबिक नीमच खरगोन उज्जैन रतलाम सहित आगर राजगढ धार शाजापुर बुरहानपुर अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है विभाग ने कहा है कि राजधानी भोपाल होशंगाबाद ग्वालियर इन्दौर और चम्बल सम्भागों के जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्य और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है

मौसम विभाग की हालिया भविष्यवाणी ने राजधानी वासियों को उमस से राहत मिलने की उम्मीद जताई है वहीं झाबुआ जिले में भारी बारिश के बीच एक रपटे पर खड़ी जीप बह गई बताया गया कि रानापुर में मोद नदी में कल रपटे पर एक जीप गड़डे में फंस गई थी जिसे जीप चालक छोड़कर चला गया था इसके कुछ देर बाद पानी का तेज बहाव आने के कारण जीप बह गई हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है वहीं बुरहानपुर छिंदवाड़ा बड़वानी नीमच होशंगाबाद अलीराजपुर जिलों से भी बारिश के समाचार मिले हैं समाचार संक्षेप में छतरपूर जिले के गौरिहार में अवैध हथियारों का कारखाना पकड़ा गया पूलिस ने गिरफतार तीन आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है शिवप्री जिले के बदरवास थाना इलाके में तीन अलग अलग गांव में बिजली गिरने से छह लोगों की मौत हो गई

फायर बिग्रेड की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया

छतरपूर के महाराजा कालेज और गर्ल्स कालेज में कलेक्टर रमेश भंडारी ने विद्यार्थियों को मतदाता बनने और मतदान करने के लिये प्रेरित किया